आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम कचरा नहीं फैलाएंगे और नए वर्ष में हमें सिंगल यूज प्लास्टिक से देश को मुक्त करवाने के संकल्प को साकार करना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि आम आदमी ने देश में जबरदस्त बदलाव को महसूस किया है और लोगों को आशा की नई किरण दिखाई दे रही हैं उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान दुनिया को अनेक मुसीबतों से गुजरना पड़ा लेकिन हमने इस संकट से भी एक सबक सीखा है और अपनी क्षमताओं का भरपूर विकास किया है प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे एक सूची तैयार करे जिसमें दैनिक उपयोग की अनेक वस्तुओं के नाम हों उन्होंने कहा कि हम नए साल पर अनेक संकल्प लेते हैं और इस साल हमें जो संकल्प लेना है वह निश्चय ही देश के लिए होना चाहिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज समय आ गया है जब हमें श्रेष्ठ गुणवत्ता का सामान तैयार करना है उन्होंने स्टार्टअप्स और उद्यमियों से भी इस दिशा में कार्य करने की अपील की

इस अवसर पर शिमला में राज्य स्तरीय समरोह का आयोजन किया गया जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया उन्होंने राज्य सरकार के तीन वर्ष की उपलब्धियों को सराहा राजनाथ सिंह ने कहा कि तीन वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल सरकार की शानदार उपलब्धियां रही हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बधाई के पात्र हैं रक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक बड़ा तोहफा है और इसके प्रभावी कार्यान्वयन में हिमाचल दूसरे स्थान पर रहा है राजनाथ सिंह ने हिमाचल को वीरभूमि का नाम देते हुए कहा कि प्रदेश के हर परिवार से एक सेवारत जवान या पूर्व सैनिक है इस मौके पर भाजपा के महासचिव त्रिलोक जम्मवाल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का संदेश पढ़कर सुनाया नड्डा ने कहा कि किन्ही आवश्यक कारणों की वजह से वे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके उन्होंने कहा कि तीन वर्षो के कार्यकाल में राज्य सरकार ने प्रदेश का समुचित विकास कर नए आयाम स्थापित किए हैं

उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम मुख्यमंत्री हैल्पलाईन सेवा व हिमकेयर जैसी अनेक योजनाएं राज्य सरकार की तीन वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं

केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली से इस कार्यक्रम को संबोधित किया कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल को निराशाजन बताया है पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज शिमला के मालरोड़ पर प्रदर्शन किया राठौर ने बताया कि एक ओर लोग कोरोना से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार जश्न मना रही है उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को प्रचार में करोड़ों रुपये खर्च करने की बजाए विकास पर ध्यान देना चाहिए इस बीच पूर्व कांग्रस अध्यक्ष सुक्रवविंद्र सिंह सुक्खू ने भी सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल को विफल करार दिया उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सभी क्षेत्रों में नाकाम रही है

लोकतंत्र की सबसे छोटी संसद का हिस्सा बनने को लेकर लोगों में उत्साह है